केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों में विदेशी निवेशकों का भरोसा बरकरार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

अब समाचार विस्तार से राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि डिजिटल तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रयास जारी रहने चाहिए

राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा व हित में कागज और संपर्क रहित प्रक्रिया के जरिए सरकारी कार्यालयों में कामकाज के नए उपाय भी तलाशे जानें चाहिए उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने में भी मदद मिलेगी

शिमला में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने समारोह के इंडोर व वर्चुअल आयोजन के लिए गेयटी थियेटर या टाउन हॉल में वैकल्पिक प्रबंध करने के निर्देश भी दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी समारोह में वर्चअल माध्यम से शामिल होने का आग्रह किया है

उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयोजित होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों को स्वर्ण जयंती के मूल विषय के आधार पर आयोजित किया जाएगा

प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने ये बात कही जयराम ठाकुर ने शिक्षा बोर्ड को स्कूल स्तर पर विभिन्न कक्षाओं की परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक ठोस प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए इस दौरान बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया है उन्होंने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा के संबंध में चर्चा की भारद्वाज ने प्रत्येक पंचायत में अग्निशमन सयंत्र उपलब्ध करवाने के साथ साथ वर्षा जल भंडारण टैंक निर्मित किए जाने का सुझाव भी दिया मुख्यमंत्री ने इस संबंध में उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया एमओयू हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम व पर्यटन विभाग ने राज्य में होटल प्रबंधन ट्रिस्ट गाईड पैराग्लाईडिंग और साहसिक खेलों के क्षेत्र में युवाओं के रोजगार व कौशल प्रशिक्षण के लिए आज शिमला में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए कौशल विकास निगम की ओर से प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर और पर्यटन विभाग के निदेशक युनूस ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए

अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि कोरोना आपदा के बावजूद कोन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए हैं जिनके परिणामस्वरूप विदेशी निवेशकों ने कोरोना काल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना भरोसा जताया है पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि पौंग झील में सैंकड़ों प्रवासी पक्षियों की मौत के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि इस मामले में वन्य प्राणी प्रभाग जांच कर रहा है और अधिकारियों को घटना स्थल पर जाकर विभिन्न पहलुओं की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं उन्होंने कहा कि कांगड़ा से पश् चिकित्सकों के एक दल ने प्रवासी पक्षियों की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आज पौंग झील का दौरा किया पठानिया ने पक्षियों की मौत को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया

सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पंचायतीराज चुनावों में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक गांव पर ध्यान केंद्रित कर काम करेगी वे आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में शिमला ज़िला भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे सुरेश कश्यप ने कहा कि पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेगी और चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि भाजपा ब्रथ स्तर पर कार्य करेगी राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पार्टी पदाधिकारियों से प्रदेश में होने वाले नगर निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में कांग्रेस विचाराधारा से जुड़े लोगों को आगे लाने का आहवान किया है वे आज हमीरपुर ज़िला कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे राठौर ने सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से आपसी तालमेल के साथ पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करने का आग्रह किया

स्नो फेस्टिवल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर लाहौल घाटी में स्नो फेस्टिवल मनाया जाएगा उपायुक्त पंकज राय ने आज केलंग में इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अटल टनल रोहतांग के खुलने से घाटी में पर्यटन की अपार संभावनाएं बढ़ गई हैं उन्होंने कहा कि घाटी में बर्फ से जुड़े साहसिक खेलो और लुप्त हो रहे पारम्परिक खेलो व संस्कृति के संवर्धन के उद्देश्य से स्नो फेस्टिवल मनाया जा रहा है

कोविड महामारी के कारण सरकार इससे पहले भी दो बार यह समय सीमा बढा चुकी है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर राष्ट्रपति ने डिजिटल तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए प्रयास जारी रखने पर दिया बल

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों में विदेशी निवेशकों का भरोसा बरकरार